महाराष्ट्र राजनीति महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आज उच्चतम न्यायालय शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करेगा तीनों दलों ने संयुक्त याचिका में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी है न्यायमूर्ति एनवी रामन्ना अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ इस याचिका पर सुबह ग्यारह मिनट बजकर तीस करेगी

तीनों दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए उन्हें आमंत्रित करने का अनुरोध भी किया है इन देलों ने एक अलग याचिका में विधायकों को शपथ दिलाने और शक्ति परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है

वहीं पार्टी ने बागी अजीत पवार को विधायकदल के नेता पद से हटाकर जयंत पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के अलावा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह सीधे उपलब्ध रहेगा हिन्दी में मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह प्रसारण रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा शिक्षा बजट राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से दो सौ महाविद्यालयों में तीन हजार करोड़ रूपए खर्च कर उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इसमें छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट कक्षाएं एवं प्रयोग शालाओं के साथ साथ उनकी रूचि एवं रूझान के अनुरूप स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिये जाएंगे श्री पटवारी कल ग्वालियर के शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संवाद एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे

चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में उलेमाओं की मजहबी तकरीरे की जा रही हैं जिनमें जिन्दगी जीने का तरीका और गुनाहों से दूर रहने की तालीम दी जा रही है इससे पहले कल धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा और गृह मंत्री बाला बच्चन ने इज्तिमा स्थल पहँच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी थे श्री शर्मा ने इज्तिमा में आई जमातों की खाना पानी बिजली और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारी कर्मचारियों को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिये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

इस सप्ताह के आयोजन के दौरान भाषाई समरसता विषय पर व्याख्यान हुए